उच्च न्यायालय की ओर से आज जारी एक नोटिस में कहा गया है कि संविधान में समानता की भावना का सम्मान करते हुए फुल कोर्ट की कल हई बैठक में वकीलों और इस संबंध में न्यायालय को मिली विभिन्न अर्जियों को ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव पारित किया गया वकीलों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि इस निर्णय से सभी को बराबरी का अहसास होगा

उन्होंने कहा कि नए परिवहन कार्यालय खोलने का कार्य भी इसी नीति के आधार पर किया जायेगा श्री खाचरियावास ने आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सुमेरपुर में नए जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि सुमेरपुर में ही नहीं पुरे राजस्थान में कई तहसीलों से परिवहन कार्यालय खोलने की मांग आ रही है लेकिन अभी तक राज्य सरकार के स्तर पर इसे लेकर कोई नीति नहीं थी अब विभाग द्वारा इसके लिए नीति बनायी जा रही है

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए केवल परिवार की वार्षिक आय को ही आधार बनाना चाहिए

उन्होंने कहा कि इन कार्यो में जिस स्तर पर भी कमी रही है उसमें दोषियों के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी श्री चौधरी आज राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक संदीप शर्मा के पूरक प्रष्मों का जवाब दे रहे थे

बाड़मेर में आज जल शक्ति अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई जिले के विभिन्न स्थानों पर आज पौधारोपण भी किया गया दौसा में प्रभातफेरी के माध्यम से बारिश के जल का संग्रह करने और भूमि के जल का पुनर्भरण करने की प्रति लोगों को जागरूक किया गया प्रतापगढ़ सवाईमाधोपुर और झालावाड में जल शक्ति अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली रैली में बड़ी संख्या में स्काउट गाइड ने भी भाग लिया करौली जिले के मासलपुर कस्बे में आज जल शक्ति और स्वच्छता अभियान को लेकर बालिका विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकाली

बीकानेर में जागरूकता प्रभात फेरी के मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हमें जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा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

नई दिल्ली में आज मुख्य समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने युवाओं को संबोधित किया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 इस मौके पर राज्य में कई कार्यक्रम हुए जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति ललित के पवार ने कौशल विकास को रोजगार के लिए जरूरी बताया

जिला कलक्टर जगरूप यादव ने आज एक बैठक में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देष दिये श्री यादव ने एक अन्य बैठक में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अवैध रूप से बूस्टर लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाने के निर्देष दिए

इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑर्नर के साथ ही श्रद्धांजलि दी गई

इन शिक्षकों को अन्य कालेजों में सप्ताह में चार दिन कक्षाएं लेनी होंगी

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश की कई समितियों में गड़बड़ी और गबन की शिकायतें प्राप्त हो रही है इसलिए उनका अंकेक्षण कराकर इसका सारा खर्च संबंधित सहकारी समिति से लिया जाए अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इन समितियों और इनके संचालकों पर कार्यवाही की जाएगी

इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को एपीओ कर दिया